भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में सेनाओं को पीछे हटाने की लंबी प्रक्रिया शुरू कर दी है रविवार शाम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच फोन पर बातचीत के बाद यह कदम उठाया गया है इस बातचीत में पूर्वी लद्दाख में तनाव कम करने और वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी से सेनाओं को पीछे हटाने की प्रक्रिया पर सहमति बनी थी दोनों विशेष प्रतिनिधि इस बात पर सहमत हुए थे कि भारत चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बनाये रखने के लिए नेताओं की आम सहमति से मार्ग दर्शन लेना चाहिए जो द्विपक्षीय संबंधों के विकास के लिए आवश्यक है यह सहमति भी बनी थी कि दोनों देशों को मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए दोनों देश शांति और सौहार्द बहाल करने के उद्देश्यो से एलएसी से जल्द से जल्द सेना को पूरी तरह हटाने और सीमा क्षेत्रों में तनाव कम करने पर सहमत हुए थे दोनों पक्ष सीमा क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से तनाव कम करने पर सहमत हुए विशेष प्रतिनिधियों ने एलएसी का पूरी तरह सम्मान और पालन करने की प्रतिबद्धता दोहराई उन्होंने कहा कि किसी भी पक्ष को यथा स्थिति बदलने की एकतरफा कार्रवाई नहीं करनी चाहिए भविष्य में सीमा क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बिगाड़ने वाली किसी भी घटना से बचने के लिए मिलकर काम करने पर भी सहमति बनी थी

हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि इनमें से कई संस्थानों ने आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है आईसीएमआर ने भारत बायोटैक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ मिलकर ये टीका तैयार किया है जबकि जायडस कैडिला नाम की कम्पनी जाइकोव डी नाम का टीका तैयार करने में लगी है कोरोना महामारी में बेरोजगार मजदूरों के लिए रोजगार देने में स्मॉल स्केल एसोसिएशन एवं उद्यमी आगे आए हैं जिसको लेकर हापुड़ में रोजगार मेले का आयोजन कर बेरोजगार प्रवासो मजद्रों को रोजगार दिया गया है शिविर में काफी संख्या में मजदूर पहुंचे जिन्होंने जनपद मे ही रोजगार पाया एक रिपोर्ट मजदूरों के सामने किसी प्रकार की दिक्कत न हो इसको देखते हुए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रवासी मजदूरों को जनपद में ही रोजगार देने की उद्यमियों और कारोबारियो से अपील की हापुड़ स्मॉल स्केल एसोसिएशन ने प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने और लॉक डॉउन मे मजदूरों के न मिलने के कारण बंद पड़े उद्योगो को पटरी पर लाने के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया जिसमें मजूदर रोजगार लेने के लिए पहुंचे स्मॉल स्केल एसोएिशन के सचिव अमन गुप्ता ने बताया हापुड़ जिले में काफी श्रमिक आये हमने हापुड़ स्माल स्केल इंडस्ट्रीज एएसोरिशन ने यह रोजगार मेले का आयोजन किया

लाभार्थी संजय ने बताया बाइट भैं गुजराज में काम करता था और वहां लॉकडाउन के कारण काम छुट गया जिसकी वजह से मैं अपने घर आ गया और मुझे काम की तलाश थी रोजगार मेला लग रहा था देखा इसमें मुझे नौकरी के लिये ऑफर दिया गया रोजगार मेले में काफी संख्या में मजदूर पहुंचे जिन्हें योग्यता के अनुसार कार्य दिया गया जिससे मजदूरों के चेहरों पर मुस्कान आ गई रविंद्र कुमार आकाशवाणी समाचार हापुड़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

प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हो रही वर्षा के चलते जहां कृषि कार्यो में तेजी आई है वहीं जल भराव से लोगों को काफी परेशानी भी हो रही है वर्षा जनित कारणों से कई स्थानों पर जन धन की हानि के समाचार मिले हैं

मऊ और बदायूं में भारी वर्षा के कारण निचले क्षेत्रों में सड़कों पर पानी भर गया है वर्षा के कारण राज्य में कई नदियों का जल तेजी से बढ़ रहा है राज्य बाढ़ नियंत्रण कक्ष को सूचना के अन्सार शारदा और घाघरा नदी क्रमशः पलियाकलां लखीमपूर खीरी और एल्गिंन ब्रिज बाराबंकी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है वहीं गंगा नदी का जलस्तर बदायूं के कछला ब्रिज तथा घाघरा तुर्तीपार बलिया में बढ़ाव की ओर है राज्य सरकार ने बाढ़ और अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में सहायता और बचाव कार्यो में तेजी लाने के निर्देश दिये हैं प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि बाढ़ नियंत्रण के लिये सभी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और रेडियो मुख्यालय द्वारा सोलह मंडलों के एक सौ तेरह बाढ़ नियंत्रण केन्दों पर वायरलैस सेट लगाये गये हैं वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में वैश्विक महामारी कोरोना के कारण सावन के पहले सोमवार के दिन श्रद्धाल्रों की भीड काफी कम रही हमारे संवाददाता ने बताया कि सावन के दौरान प्रसाद वितरण की होम डिलिवरी की सुविधा शुरू की गई है डाक विभाग और काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट की ओर से मंदिर के प्रसाद की होम डिलिवरी सीधे भक्तों के घर करने की योजना पहले दिन से ही भक्तों के बीच लोकप्रिय हो गई है

इस योजना की शिवभक्तों में अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि हवा के माध्यम से नोवेल कोरोना वायरस के फैलने के बारे में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं हैं

शोधार्थियों ने कोविड संक्रमण के फैलने के सम्बंध में विश्वर स्वास्थ्य संगठन की सिफारिशों पर पुनर्विचार की अपील की है लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन को हवा के माध्मम से इस वायरस के फैलने का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला